एक सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अभी तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है

कोविड खुराक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश निदेशक डॉ निपुण जिन्दल ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की दोनों खुराकें ले चुके लोगों पर कोरोना वायरस घातक नहीं हो रहा है और वे सुरक्षित पाए गए हैं उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण की दो खुराकें प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों की मृत्यु के दो ही मामले सामने आए हैं

लाहौल स्पीति में लगातार रूक रूक कर हो रहे हिमपात से अधिकतर सड़कें यातायात के लिए अवरूद्व हैं और बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है किन्नौर और कुल्लू सहित चंबा जिले की उंची चोटियों पर भी हिमपात का सिलसिला जारी है जबकि पर्यटन नगरी मनाली में हल्के हिमपात का समाचार है इस हिमपात व वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है इधर भारी ओलावृष्टि से जहां सेब बाहुल्य क्षेत्रों में सेब सहित अन्य फलदार पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है वहीं व्यापक वर्षा के चलते मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी व मध्यम उंचाई वाले क्षेत्रों में आज गरज के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला के अनुसार हजारों अनुबंध कर्मियों समेत दिहाड़ीदार भी होंगे नियमित

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है वैक्सीन के दोनों डोज के बाद सिर्फ दो मौतें

दैनिक भास्कर लिखता है डेढ़ महीने के लिए पानी की कमी दूर कर गई अप्रैल में हुई बारिश

अमर उजाला के शब्द हैं शिमला सोलन और मंडी में ओलो से सेब शिमला मिर्च और टमाटर तबाह दैनिक जागरण के मुताबिक पहले सूखे की मार अब ओलों ने तबाह किए अरमान